केन्द्र सरकार प्रदूषण विरोधी मापदंड का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगी तेज

नीति आयोग ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में परिवर्तन की रूपरेखा की तैयार केन्द्र सरकार ने कूपोषण कम करने के लिये भारतीय पोषण कृषि कोष के गठन की घोषणा की संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया तेरह दिसम्बर तक चलने वाले इस सत्र में बीस बैठकें होगी सत्र शुरू होने से पहले संवाददातओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संसद में सदभावपूर्ण वातावरण में खुलकर चर्चा होनी चाहिए आशा करता हूं दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसके साथ कदम मिलाने का सामर्थ हम हमारी संसद में भी प्रकट करें हम सभी मुद्रों पर खुलकर बर्चा चाहते हैं बहस हो ये आवश्यक है वाद हो विवाद हो संवाद हो हर एक कोई अपनी बुद्दिराक्ति का प्रच्नर मात्रा में उपयोग करें और संसद की चर्चा को सम्रद्ध बनाने में योगदान दें और उससे जो अमृत निकलता है वो देश के उज्वल भविष्य के लिए काम आता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र की खास बात यह है कि यह वर्ष दो हजार उन्नीस का आखिरी सत्र और राज्यसभा का दो सौ पचासवां सत्र है इस अवसर पर कल राज्यसभा में विशेष चर्चा में भाग लेते हुए प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए ऊपरी सदन का होना जरूरी है उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्यों को जनहित के मुद्रों पर ध्यान आकृ ष्ट कराने के लिए सदन की कार्यवाही में व्यक्यान डालने की बजाय आपसी विचार विमर्श को प्राथमिकता देनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविता में एकता की सुंदर झलक राज्यसभा में देखने को मिलती है दो पहलू खास है एक तो उसका स्थायित्व परमानेंट कहे या इटरनल और दूसरा है विविधता स्थायित्व तो इसलिए है कि लोकसभा तो भंग होती है इसका जन्म हुआ अब तक कमी इसका कमी मंग हुई है न भंग होना है लोग आएंगे जाएंगे लेकिन ये व्यक्स्था इंटरनल होगी और दूसरा है विकिता क्योंकि यहां राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है एक प्रकार से भारत के फेडरल स्ट्रक्वर की आत्मा यहां पर हर पल हमें प्रोरित करती है राज्यसमा में भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसमा की भूमिका और भविष्य की दिशा विषय पर आयोजित चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि संविघान निर्माताओं ने द्विसदनीय विघानमंडल की कल्पना की थी और इसी दृष्टि ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है निचला सदन जमीन से जुड़ा हुआ है तो ऊपला सदन दूर तक देख सकता है और इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में निचले सदन से जमीन से जुड़ी हुई तत्कालीन चीजों का अगर प्रतिविंब व्यक्त होता है तो यहां बैठे हुए महानुमार्वो से क्योंकि ऊपर है क्योंकि रूपर वाला दूर का देख सकता है तो दूरदृष्टि का भी अनुषव इन दोनों का कॉम्बीनेशन इन हमारे दोनों सदनों से हमको देखने को मिलता है प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा के मंच से ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तियों ने राष्ट्र की प्रगति में अत्याधिक योगदान किया उन्होंने कहा कि राज्यसभा ने तीन तलाक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण वस्तु और सेवाकर तथा अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त किए जाने संबंधी कई ऐतिहासिक विवेयक पारित किए हैं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजू जनता दल की इस बात के लिए सराहना की कि ये अपने मुद्दे उठाने के लिए कभी भी सदन के बीचो बीच नहीं आए इसके बावजूद उन्होंने अपनी बात प्रमावी ढंग से रखी श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन शब्दों का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यसभा सहायक सदन है और इसे किसी के अवीन नहीं समझा जाना चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि राज्यसभा की भूमिका बहुमत वाली सरकार को नियंत्रण में रखने के साथ ही राज्यों के हित की रक्षा करना है केन्द्रीय पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा ने कहा है कि सरकार प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज करेगी वायु प्रद्षण पर कल उत्तर प्रदेश दिल्ली पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार अगले पन्द्रह दिनों में प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वालों और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी तथा उत्सर्जन कम करने की दिशा में कदम उठाएगी श्री मिश्रा ने कहा कि बैठक में उच्च न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों की समीक्षा की गई प्रदेश में पराली जलाये जाने की घटनाओं का कड़ा संज्ञान लेते हए सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि शासन द्वारा पराली जलाये जाने को गंभीरता से लिया गया है सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिये गये हैं कि कृषि अवशेष जलाने की घटना को गंभीरता से लिया जाये शासन ने पुलिस अधिकारियों का इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कल तक रिपोर्ट मांगी है उधर हरदोई जनपद में पराली जलाने के विरूद्व चले अभियान में उन्तीस किसानों को पराली जलाते हुए पकड़ा गया जिन पर एक लाख बारह हजार रूपये का जर्माना किया गया वहीं छह किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई पीलीमीत जनपद में पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में कृषकों को जागरूक किया गया एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें पराली न जलाने की शपथ दिलाई गई नीति आयोग ने मध्यम वर्ग के लिए एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की वकालत की है जो अभी तक किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखमाल प्रणाली के तहत नहीं आती है यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अमी हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आने वाले लोगों से अलग होगी जो मुख्य रूप से देश की चालीस प्रतिशत आबादी की आवश्यकता को पूरा करते हैं नीति आयोग ने कल नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणाली पर एक रिपोर्ट जारी की यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स की उपस्थिति में जारी की नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार आलोक कमार ने कहा कि यह रिपोर्ट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मध्यम से दीर्घावधि में स्वास्थ्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करेगी नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने कहा कि आयुष्मान भारत में वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली में स्वार किया जाना महत्वपूर्ण हैं और उनकी सफलता कई कारकों से निर्धारित की जाएगी केन्द्र सरकार ने कल भारतीय पोषण कृषि कोष के गठन की घोषणा की इसका उद्देश्य कुपोषण दूर करने के लिए बहु क्षेत्रीय ढांचा विकसित करना है जिसके तहत बेहतर पोषक उत्पाद लेने के लिए एक सौ अट्ठाईस कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों पर जोर दिया जायेगा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन इरानी ने कृपोषण की चुनौती से निपटने के लिए कृषि और पोषाहार के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सरकार ने क्पोषण रोकने पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता की दिशा में काफी काम किया है जाने माने समाजसेवी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि भारत ही नहीं बल्कि समूवा विश्व क्पोषण की समस्या झेल रहा है क्पोषण से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री गेट्स ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय पोषाहार मिशन से कुपोषण समाप करने के प्रयासों को और बल मिला है देश में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत को पोषाहार की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए पांव सुत्री कार्य योजना का सुझाव दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में हुए आई ई डी विस्फोट में आगरा के शहीद जवान संतोष सिंह भदौरिया को भाक्मीनी श्रद्वाजलि दी है श्री योगी ने शहीद जवान की पत्नी को पव्वीस लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही उनके परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की हवलदार संतोष कुमार जम्मू जिले के सीमार्क्ती अखनूर में नियंत्रण रेखा के करीब रविवार को हुए आई ई डी धमाके में शहीद हो गए थे प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य और निजी विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम एक समान करने की तैयारी कर रही है बरेली में कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंब्रेला अधिनियम पर काम किया जा रहा है करीब चालीस बैठकें हो चुकी हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा का प्रतिशत पच्चीस से बढ़ाकर चालीस प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है